सीबीएसई बोर्ड की दसवीं की परीक्षा आज से हो रही है शुरू

सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में दो लोगों की कथित मौत के मामले में डुमरा के थानेदार समेत आठ प्रलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है प्रक्षेत्रीय प्रलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खां के आदेश पर निलंबन की कार्रवाई की गयी है इधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार वीर धीरेन्द्र ने बताया कि लूट और हत्या के मामले में दोनों आरोपितों को रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था पुलिस आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर रही थी इसी बीच हाजत में इन दोनों की तबीयत खराब हो गयी इसके बाद पुलिस ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गयी केन्द्र सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष तक देश के प्रत्येक प्रखंड में जन औषधि केन्द्र खोले जायेंगे रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा कि पिछले तीन वर्षों में जेनेरिक औषधियों की बाजार में हिस्सेदारी में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है जो दो प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गई है इधर आज देशभर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पांच हजार जन औषधि भण्डारों के संचालकों और इस कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे देश के छह सौ बावन जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं प्रलवामा आतंकी घटना में शहीद हये प्रदेश के जवानों के सम्मान में राज्य सरकार उनके पैतृक गांवों में विकास योजनाओं की शुरूआत करेगी राज्य सरकार ने शहीद संजय सिन्हा के घर मसौढ़ी के तारेगना मठ तक पक्की सड़क और नाली निर्माण के लिए चार करोड़ सत्तर लाख रूपये की मंजूरी प्रदान की है इस संबंध में नगर विकास और आवास विभाग ने आवंटन आदेश जारी कर दिया है इधर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में शहीद रतन ठाकुर के परिजनों से मिलेंगे इसके बाद वे बेगूसराय जिले के बखरी के ध्यानचक्की गांव में शहीद पिंटू कुमार सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे केन्द्र सरकार ने वृद्वाश्रमों के विकास और नियमन के लिए आदर्श दिशा निर्देश जारी किए हैं इन दिशा निर्देशों में वरिष्ठ नागरिकों और वृद्वाश्रमों में रहने वाले सेवानिवृत्त लोगों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी विशेष जरूरतों पर खासतौर से ध्यान रखा गया है इसमें वरिष्ठ नागरिकों और उनके उन परिवारजनों को विकल्प दिया गया है जो अभिभावकों के लिए रिहायशी मकान खरीदने के इच्छुक हैं ताकि वे स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अपना जीवन बिता सकें अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रेयसी सिंह को पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए पोषण अभियान योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने सद्भावना दूत बनाया है विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि बिहार पहला राज्य है जहां पोषण अभियान को लेकर सद्भावना दूत बनाया गया है प्रदेश के सभी शहरी निकायों में अब निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलवे का बिना बताये फेंकने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा नगर विकास और आवास विभाग ने निर्माण और तोड़फोड़ अवशिष्ट का निष्पादन प्रारूप तैयार किया है सीबीएसई की दसवीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है पहले दिन गणित विषय की परीक्षा होगी पूरे प्रदेश में दो सौ दस केन्द्रों पर एक लाख तैंतालीस हजार आठ सौ उनसठ परीक्षार्थी शामिल होंगे बोर्ड ने निर्देश जारी कर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है बोर्ड ने फिर स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी स्कूल ड्रेस में ही केन्द्र पर आये इधर बीएड कॉलेजों में नये सत्र में नामांकन के लिए दस मार्च को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगा इसके लिए पूरे प्रदेश में एक सौ चौबीस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं राज्य में दूसरी बार इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे के ग्रूप डी की परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है रेल भर्ती बोर्ड की ओर से अपनाया गया नॉर्मलाईजेशन मेथड भी वैज्ञानिक और सांख्यिकी विधि है इसमें कहीं भी मानवीय हस्ताक्षेप नहीं है इस परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को एक फर्मूला के तहत अंकित किया गया है इधर छात्र संगठन ने इस परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये रेल मंत्री से रिजल्ट को संशोधित कर जारी करने की मांग की है पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से पटना समेत प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि आज पटना और आसपास के इलाकों में तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि होगी विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दस मार्च तक मौसम साफ रहेगा सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में दो तस्करों को दस दस साल की सजा सुनाई विशेष अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम दो हजार सोलह के विभिन्न धाराओं के तहत दस दस साल की सजा और आर्थिक दंड का आदेश दिया है वहीं जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस दस हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है कैमूर जिले के भभुआ नगर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक किसान से छह लाख रुपये लूट लिये पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले की सीमाओं को सील कर छापेमारी कर रही है देहरादून में आयोजित मास्टर्स गेम्स में बिहार ने तीन स्वर्ण सहित चार पदक जीते हैं मास्टर्स गेम्स ऐसोसिएशन ऑफ बिहार के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुरारी मोहन शर्मा ने तैराकी में दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक प्राप्त किया वहीं बैडमिंटन एकल स्पर्धा में बिहार के सूरज प्रकाश सिन्हा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या पर मध्यस्थों के नाम दें दैनिक जागरण ने लिखा है वायू सेना ने एयर स्ट्राइक को लेकर केन्द्र को सौंपी बारह पेज की रिपोर्ट बालाकोट में हुए हवाई हमले में निशाने पर लगे अस्सी फीसद बम दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीएम ने डीजीपी से कहा सिर्फ बयानबाजी नहीं करिए परिणाम दीजिए वरना मीडिया धो डालेगा प्रभात खबर का शीर्षक है रेलवे का रिजर्वेशन चार्ट हुआ ऑनलाईन

सीबीएसई बोर्ड की दसवीं की परीक्षा आज से हो रही है शुरू